नगरीय निकाय चुनाव अध्यादेश नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित नगर पालिक निगम संशोधन अध्यादेश दो हजार उन्नीस छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है यह अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है इस अध्यादेश के तहत नगर पालिक निगम के महापौर नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा इसमें निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचित पार्षदों में से ही महापौर और अध्यक्षों का निर्वाचन किया जाएगा नगरीय निकाय चुनाव दलीय आधार पर होगा साथ ही ईव्हीएम के बजाय मतपत्र से वोट डाले जाएंगे उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में दो दिन पहले आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी वहीं प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं इसी साल नवंबर दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव प्रस्तावित है विधानसभा सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी पच्चीस नवंबर से शुरू होगा यह सत्र छह दिसंबर तक चलेगा इस दौरान कुल दस बैठकें होंगी विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है बारह दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी इसके अलावा वित्तीय और विधायी कार्य के साथ ही शासकीय कामकाज भी निपटाए जाएंगे राज्य सरकार छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम और छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक भी सदन में पेश करेगी मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम दिन में ग्यारह बजे प्रसारित होगा इसी दिन देशभर में दीपावली का त्यौहार भी मनाया जायेगा प्रधानमंत्री ने मन की बात की पिछली कड़ी में लोगों से सुरक्षित ढंग से दीपावली मनाने का आग्रह किया था लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की चौथी कड़ी का प्रसारण आगामी दस नवम्बर को होगा लोकवाणी में इस बार का विषय नगरीय विकास का नया दौर रखा गया है इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नम्बर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक और शून्य दो तथा शून्य तीन पर आगामी अट्ठाईस उनतीस और तीस अक्टूबर को दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकार्ड करा सकता है रि पोल फ्री स्टेट छत्तीसगढ़ ने देश में एक बार फिर रि पोल फ्री स्टेट होने का कीर्तिमान स्थापित किया है छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जहां पुनर्मतदान की स्थिति निर्मित नहीं हुई चाहे वह विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो या दंतेवाड़ा तथा चित्रकोट का उप चुनाव सभी तरह के निर्वाचनों में छत्तीसगढ़ ने यह उपलब्धि हासिल की है कुशल निर्वाचन प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ पूरे देश में मॉडल के रूप में उभरा है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मार्गदर्शन और निगरानी में प्रदेश में आम चुनाव और उप चुनाव कराए गए हैं माओवादी हिंसा प्रभावित राज्य होने के बावजूद निर्वाचन के दौरान कहीं भी हिंसा या अप्रिय घटना की स्थिति निर्मित नहीं हुई मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के फलस्वरूप मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने छत्तीसगढ़ की इन उपलब्धियों का श्रेय टीम भावना से किए गए कार्य को दिया है प्लास्टिक प्रतिबंध प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले पर्यावरण प्रद्षण और कचरे को देखते हए राज्य शासन ने प्लास्टिक बोतलों और प्लास्टिक कैप के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है शासन के निर्णय के अनुरूप आबकारी विभाग द्वारा आगामी एक दिसंबर से देशी मदिरा में उपयोग आने वाली प्लास्टिक बोतलों और विदेशी मदिरा में लगने वाले प्लास्टिक सीलिंग कैप का उपयोग नहीं करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है

जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में जांजगीर चांपा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी कैदी फरार मुंगेली उप जेल की दीवार फांदकर चार कैदी बीती रात फरार हो गए घटना की सूचना मिलते ही जेल प्रबंधन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया इसके बाद जेल और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस को सतर्क किया गया नाकेबंदी कर फरार कैदियों की पतासाजी की जा रही है जेल डीआईजी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर पहुंचकर प्रे घटनाक्रम की जानकारी ली और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में उप जेल के दो प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है

इसे नरक चौदस भी कहा जाता है मान्यता के अनुसार आज के दिन को पाप नष्ट करने का दिन माना जाता है कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है पौराणिक कथा के अनुसार आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके देवताओं और ऋषियों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी परंपरा के अनुसार रूप चौदस पर आज घरों के आंगन और बाहर रंगोली सजाकर चौदह दीये जलाए जाते हैं राज्य के विभिन्न स्थानों पर रौशनी के इस त्यौहार पर प्रतिष्ठानों और घरों में बिजली की झालरों से आकर्षक सजावट की गई है कल दीपों का पर्व दीपावली मनाया जाएगा दीपावली को लेकर लोगों में खासा उत्साह है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के बड़े शहरों में बाजारों में काफी चहल पहल और रौनक देखी जा रही है राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रकाश के महापर्व दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं गोबर दीये बालोद जिले में स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं गोबर से रंग बिरंगे दीये बनाकर एक ओर अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रही हैं वहीं दूसरी ओर दीपावली को पर्यावरण हितैषी बनाने का संदेश भी दे रही हैं बिहान योजना के तहत ये महिलाएं बड़ी संख्या में दीये बनाकर बाजार में बेच रही हैं स्व सहायता समूह की एक सदस्य मिलोतीन ठाकुर ने बताया कि दीये बनाने से अब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है इधर कोरिया जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कलेक्टर परिसर में मिट्टी के दीयों की बिक्री की गई इस अवसर पर जिला पंचायत की सीईओ तुलिका प्रजापति ने आमजन से प्लास्टिक से परहेज करने और मिट्टी के दीयों का उपयोग करने की अपील की है स्पेशल ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा दीपावली छठ पर्व और क्रिसमस पर यात्रियों की विधा को देखते हुए दो सौ जोड़ी विशेष ट्रेनों के जरिये ढ़ाई हजार से अधिक फेरे या अतिरिक्त सेवाएं चलाई जा रही हैं इसके अलावा नियमित रेलगाड़ियों में डिब्बों की संख्या भी बढ़ाई गई है मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बिहार के पटना के बीच एक फेरे के लिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी दुर्ग पटना छठ पूजा स्पेशल ट्रेन दुर्ग से इकतीस अक्टूबर को और पटना दुर्ग छठ पूजा स्पेशल ट्रेन पटना से तीन नवंबर को छूटेगी मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से अब लोगों को राहत मिल गई है मौसम विभाग ने अगले अडतालीस घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम आमतौर पर शृष्क रहने की संभावना व्यक्त की है इस दौरान एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकती हैं बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान अटठारह डिग्री सेल्सियस अंबिकाप्र में और सर्वाधिक तापमान इकतीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस जगदलप्र में दर्ज किया गया संक्षिप्त समाचार लोकसभा सांसद सुनील सोनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में मुलाकात की और नगरीय निकाय चुनाव प्रणाली से संबंधित ज्ञापन सौंपा राज्य शासन ने परसों अट्ठाईस अक्टूबर को गोवर्धन प्रजा के अवसर पर छत्तीसगढ़ में कोषालय और बैंकों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है दुर्ग के कोतवाली थाना क्षेत्र में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक अन्य यूवक गंभीर रूप से घायल हो गया बलरामप्र जिले के क्समी विकासखंड के आश्रम छात्रावासों और विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर दस शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है इनके पास से करीब पचपन किलो गांजा जब्त किया गया है